केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने अल्मोड़ा में आयोजित कार्यशाला में पर्वतीय क्षेत्र के विकास पर सामाजिक संस्थाओं के साथ की चर्चा प्रयागराज कुंभ में आज पौष पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम पर किया स्नान प्रदेश के मुख्यमंत्री भी क्भ में हुए शामिल वाराणसी में प्रवासी भारतीय युवा सम्मेलन श्रूविदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेशों में प्रवासी भारतीयों के योगदान को सराहा स्लग मौसम उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश से आम जन जीवन प्रभावित हो गया है बदरीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी होने की खबर है चमोली जिले में हेमकंड साहिब औली और फूलों की घाटी में हिमपात हुआ वहीं पिथौरागढ़ जिले के पंचाचूली हंसलिंग राजरभा और नाभिढांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है बर्फबारी और शीतलहर के कारण एक बार फिर से समूचे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है राजधानी देहरादून में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और शाम को हल्की बारिश हुई कोटद्वार सतपुली हल्द्वानी समेत कई क्षेत्रों में भी बारिश की सूचना है वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज आसमान में बादल छाए रहे मौसम विभाग ने कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ ही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटे में चमोली रूद्रप्रयाग उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है जबकि मैदानी इलाके में बारिश होने के आसार हैं

इस बार औली में अच्छी बर्फबारी हुई है बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश विदेश के सैलानी यहां पहुंच रहे हैं वर्ल्ड स्नो डे पर औली में समारोह आयोजित किया गया इसमें सैलानियों ने बर्फ पर जमकर डांस किया

इस आयोजन से स्कीइंग के खिलाड़ियों और सैलानियों में उत्साह का माहौल रहा स्लग विकास कार्यशाला अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पर्वतीय क्षेत्र के विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में प्रतिभाग करने पहुंचे केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि कार्यशाला में भविष्य में हिमालयी क्षेत्र के लोगों को आर्थिक प्रगति को बढ़ाने पर मंथन करना है उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा

कार्यशाला में हैस्को संस्था के संस्थापक पदमश्री डॉ अनिल जोशी ने कहा कि गांव के विकास के लिए वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किये हैं उसे ग्रामीणों तक पहुंचाने की जरूरत है इसमें सामाजिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं स्लग पौष पुर्णिमा स्नान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने संगम पर स्नान किया पौष पूर्णिमा से एक महीने के कल्पवास की शुरूआत होती है और इसे कुंभ का दूसरा महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है इस दौरान श्रद्धालु यहां रहकर पूजा पाठ के साथ साथ पवित्र संगम में स्नान करेंगे इस मौके पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने संगम और गंगा किनारे बने विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई कुम्भ के दौरान तीन शाही स्नान सहित छह मुख्य स्नान तिथियां हैं

यह चार मार्च को सम्पन्न होगा स्लग सीएम कुंभ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में कुंभ पर्व में शामिल हुए उन्होंने कुंभ क्षेत्र का भ्रमण किया उन्होंने इस मौके पर संत महात्माओं से आशीर्वाद भी लिया मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री से भी मुलाकात की

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ की व्यवस्थाओं और अनुभवों का उपयोग हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी महाक्भ में किया जायेगा स्लग प्रवासी भारतीय वाराणसी में प्रवासी भारतीय युवा सम्मेलन की शुरुआत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेशों में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की और कहा कि प्रवासी भारतीयों की विदेशों में पहचान केवल भारतीय है उन्होंने गूगल आईएमएफ समेत विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे टॉप अधिकारियों का नाम लेकर कहा कि इन लोगों से भारतीयों को आर्थिक और व्यापारिक जगत में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है प्रवासी भारतीय युवा सम्मेलन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने विदेशों से आए प्रवासी भारतीयों के संघर्ष को सलाम करते हुए कहा कि बेहद मुश्किलों का सामना करके सभी भारतीयों ने कामयाबी का मुकाम हासिल किया है र्जा उनकी ताकत और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है स्लग बैठक रुद्रप्रयाग राशन की दुकानों को ऑनलाइन करने के संबंध में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की

उन्होंने एक सप्ताह के अंदर सभी दुकानों को एफ पी एस ऑटोमेशन के तहत ऑनलाइन करने के निर्देश दिये बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि तीन सौ बीस राशन की दुकानों में से एक सौ बत्तीस दुकानों को ऑनलाइन कर बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया गया है स्लग अजय टम्टा बैठक केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे अल्मोड़ा में एक बैठक में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा बैठक में उन्होंने मनरेगा दीनदयाल अन्तोदय दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना सौभाग्य योजना उज्जवला योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय पेयजल सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की श्री टम्टा ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में बीस बीस गांवों को चिह्नित करके पिछले चार सालों में खर्च की गई धनराशि का आकलन किया जाए वहीं पलायन पर अंकुश लगाने के संबंध में उन्होंने सेना और सरकारी सेवा से रिटायर हुए लोगों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश भी दिये स्लग पेयजल योजना पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने रविवार को देहरादून में विलासपुर काड़ली पेयजल योजना का शिलान्यास किया यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत स्वीकृत हुई है पेयजल मंत्री ने लोगों को पानी की बचत की अहमियत समझाते हुए कहा कि आबादी बढ़ने के साथ ही पेयजल की आवश्यकता पहले से ज्यादा बढ़ गई है इस मौके पर उन्होंने बिष्ट गांव और बकराल गांव में भी पेयजल योजना की घोषणा की स्लग विधानसभा योग उत्तराखंड विधानसभा परिसर में आज कर्मचारियों को योग के गुर सिखाए गए राष्ट्रीय स्तर की योग गुरु सरोज पंवार ने विधानसभा के कर्मचारियों को निरोग रहने के लिए योग की महत्ता के बारे में जानकारी दी ऑफिस में काम करते रहने से गर्दन दर्द कमर दर्द आंखों में जलन और तनाव की समस्याओं का सरल यौगिक अभ्यास सिखाया गया इस अवसर पर विधानसभा सचिव ने कहा कि योग को अपनाकर संतुलित जीवन का निर्वहन किया जा सकता है